राज्यसभा में कल बजट पर हई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों का ब्यौरा दिया वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में जो व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वह राजकोषीय सुद्रढता से समझौता किये बिना निवेश में वृद्वि की योजना पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है लोक अदालत प्रदेश में आज सभी जिला और तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा इनमें बिजली बिल मोटर द्र्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण वैवाहिक प्रकरण श्रम विवाद मामले भूमि अधिग्रहण प्रकरण जलकर राजस्व प्रकरण जैसे मामले आपसी सहमति सुलझाये जायेंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में बिजली चोरी सहित आपसी समझौते से हल किये जाने वाले मामलों को रखा जायेगा नीमच जिले के सभी न्यायालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

जबलपुर अनूपपुर नरसिंहपुर उमरिया रीवा सतना सीधी सिंगरौली धार देवास सागर रायसेन राजगढ़ गुना शिवपुरी टीकमगढ़ डिंडौरी बैतूल छिंदवाड़ा सीहोर झाबुआ बड़वानी उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर भिंड मुरैना और शहडोल सहित सभी जिलों में लोक अदालत आयोजित की जायेंगी पदस्थापना राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार वरिष्ठ अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं

श्री बैंस यहां राजस्व मंडल के अध्यक्ष का पद संभालेंगे उनकी जगह उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव सलीना सिंह माशिमं की अध्यक्ष होंगी इन दोनों के अलावा सात दिन पहले ही सचिव बनाए गए फैज अहमद किदवई को मुख्यमंत्री का सचिव बनाते हुए पर्यटन का भी जिम्मा दिया गया है वे पर्यटन सचिव और पर्यटन विकास निगम के एमडी का पद संभालेंगे वहीं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव अब उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव होंगे श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह को संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसान संवाद सम्मेलन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री प्रद्यमन सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश की रबी खरीफ फसल की खरीद नीति में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी इसके लिये जिला स्तर पर किसान संवाद सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे

श्री तोमर ने कहा कि खरीद नीति में किसानों को फसल मंडियों तक लाने तुलाई कराने भंडारण और भुगतान में होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया जायेगा उन्होंने कहा कि उपार्जन नीति को किसानोन्मुखी बनाया जायेगा पेयजल आपूर्ति खंडवा कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने खंडवा शहर की पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को निर्बाध तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा तथा चारखेड़ा स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की सीमा में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के कार्य में कोई भी नागरिक या हैदराबाद की निजी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी कोई बाधा उत्पन नही कर सकेंगे इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जल आपूर्ति के लिए चारखेड़ा से खंडवा तक बिछाई गई पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त नही करेगा रीवा सोलर संयंत्र पिछले दिनों प्रदेश में हुई जोरदार बारिश से जहां लोगों को राहत मिली वहीं कई जगह इससे भारी नुकसान भी हुआ है रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया पहाड़ों से बारिश का पानी तेज रफ़तार से आने की वजह से कई सौर प्लेटें बह गयी अब इस संयंत्र के मरम्मत का कार्य किया जा रहा है

श्री सिंह ने हाल ही में ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था गौरतलब है कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद यह पहली राजनैतिक नियुक्ति है अशोक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं इस पद पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नाम की भी चर्चा थी लेकिन तवज्जों अशोक सिंह को दी गई विद्युत चोरी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम में लिए इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर पुरस्कार देने की योजना लागू की है

बिजली चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित या फोन पर सूचना दी जा सकती है सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी बताया गया है कि प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई प्रतिशत राशि दी जाएगी

साथ ही इन सिंचाई परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं

इसके तहत इस वर्ष सतावर सफेद मूसली कलियारी गिलोय अश्वगंधा एलोवेरा कालमेघ गुर्जा आंवला पलाश आदि के पौधे रोपे जा रहे है अफ़साने का अफ़साना मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा अफ़साना निगारी पर आधारित अफ़साने का अफ़साना कार्यक्रम कल सुबह भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन परिसर में होगा पद्मश्री मंजूर एहतेशाम कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे संचालन भोपाल की रूशदा जमील करेंगी कार्यक्रम में लखनऊ के फैयाज रफअत भोपाल के इकबाल मसूद मेरठ के असलम जमशेदपुरी दिल्ली के सलमान अब्दुस्समद बिलासपुर की अतिया तबस्सुम और भोपाल की शिफाली पांडेय को आमंत्रित किया गया है अकादमी की सचिव डॉ नुसरत मेहदी ने लेखकों साहित्यकारों शायरों विद्यार्थियों और शोधार्थियों से कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील की है